प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन को करेंगे संबोधित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी करेंगे चर्चा

प्रदेशभर में आज मनाया जा रहा है कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी मुबारकबाद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

मेट्रो रेल सिनेमा हॉल तरणताल मनोरंजन पार्क थियेटर और बार पर प्रतिबंध रहेगा इसके अलावा अन्य गतिविधियों को कन्टेंटमेंट क्षेत्रों के बाहर अनुमति होगी सामाजिक राजनैतिक खेल मनोरंजन शैक्षिक सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों तथा भीड़भाड़ वाली अन्य गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी रात में लोगों के आने जाने के प्रतिबंधों को हटा लिया गया है स्वतंत्रता दिवस समारोह को भी सुरक्षित दूरी बनाए रखकर और स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जा सकता है

श्री मोदी इस अवसर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी वक्तव्य देंगे

शिक्षा नीति से स्कूली और उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में व्यापक और क्रांतिकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ है

इस वर्ष दस हजार से अधिक विद्यार्थी इस स्पर्धा में भाग ले रहे हैं

इनमें खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के अलावा अमरीका कनाडा ब्रिटेन जर्मनी फ्रांस ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मलेशिया फिलिपींस सिंगापुर बंगलादेश म्यांमार थाईलैंड चीन इस्राइल और किर्गिस्तान शामिल हैं

श्री मिश्र ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी कोविड का एक प्रभावी उपचार है उन्होंने कोरोना पर विजय प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों का आहवान करते हुए कहा कि वे आगे आएं अपने प्लाज्मा और रक्त का दान करें जिससे कोविड से ग्रसित गंभीर मरीजों को जीवन दान मिल सके

जैसलमेर हवाई अड्डे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अविनाश पांडे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोकतंत्र की जीत होगी और इसके लिए हमारे सभी साथी एकजुट हैं इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर वार करते हुए कहा कि उन्हें अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है ऐसे में लोकतंत्र और नैतिकता की बात करना उनके लिए बेमानी है

उन्होंने अपने सेवाकाल में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी वहीं आकाशवाणी के जयपुर केन्द्र के उप निदेशक समाचार भरत लाल मीणा भी कल सेवानिवृत्त हो गए

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को मुबारकबाद दी है वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईद उल अजहा पर प्रदेशवासियों को दिए पैगाम में कहा है कि ये त्यौहार हमारी समृद्ध संस्कृ ति को और मजबूत करता है और सबके दिलों में प्रेम और सद्भावना को बढ़ाता है राज्यपाल ने कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए इस मुबारक मौके पर घर से ही इबादत करने की अपील की है हमारे अजमेर संवाददाता ने बताया कि कोरोना संकमण को देखते हुए सरकारी गाइड लाइन की अनुपालना की जा रही है और आपसी भाईचारे से ईद का पर्व मनाया जा रहा है

इस केन्द्र शासित प्रदेश में बिजली परियोजनाओं के जरिए विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार प्रतिबद्ध है इस दिशा में बिजली के खम्बों को बदलने से शुरूआत की जा रही है जिस पर लगभग नब्बे करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे केन्द्रीय बिजली मंत्रालय इस परियोजना को मंजूरी दे चुका है बिजली वित्त निगम और ग्रामीण विद्युत निगम ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा के अंतर्गत चार हजार पांच सौ अस्सी करोड़ रूपए का निवेश किया है

आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट में आयुष्मान भारत योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर इंदुभूषण ने कहा कि पिछले छह वर्षो में देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास में तेजी आई है और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा सुदृढ़ हुआ है

बार बार हाथ धोएं या सेनेटाइजर से साफ करें बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निंकलें